रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर पूर्व की तरह ढ़ाई सौ रूपये रहेगी

स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक पांच प्रतिशत

लोगों को कड़ाके की ठंड का करना पड़ सकता है सामना बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है आदेश में कहा गया है कि लोगों के घर जाकर सैम्पल एकत्र करने पर तीन सौ रूपये अतिरिक्त देने होंगे इससे पूर्व राज्य के निजी लैब में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की दर पन्द्रह सौ रूपये थी वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर पूर्व की तरह ढ़ाई सौ रूपये रहेगी निर्धारित दर से अधिक राशि लिये जाने पर निजी लैब के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने बताया कि सभी लैब के लिए जांच रिपोर्ट की जानकारी आईसीएमआर के पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख उनतीस हजार तीन सौ पैंसठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक पांच प्रतिशत है अभी पांच हजार चार सौ चौंसठ लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से एक हजार दो सौ अड़सठ लोगों की मौत हुई है कोविड काल में लोगों में अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं देखी जा रही हैं वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मानसिक समस्याएं हरेक आयु वर्ग के लोगों में मिल रही हैं

जैसे जैसे कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं आलमोस्ट एक साल हो गया कोरोना को आए हुए अब भी हमें इसके बारे में नई नई चीजें मालूम चल रही हैं हमें तो क्लिनिकल सिस्टम में हमने देखा कि ज्यादातर अमूमन जितने बुखार होते हैं दर्द होती है

स्वाद का पता न लगना डिप्रेशन एनजायटी तो ये देखा गया है और बच्चों में खासतौर पर देखा गया लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ों में भी यह देखे जा रहे हैं पटना एम्स में कोविड उन्नीस के सम्भावित वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे चरण का कल से परीक्षण शुरू होगा संस्था ने इसके लिए स्वयं सेवकों से पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है इच्छुक लोग मोबाईल संख्या संख्या नौ चार सात एक चार शून्य आठ आठ तीन दो पर सम्पर्क कर सकते हैं गौरलतब है कि पटना एम्स में इस टीके के दो चरणों का सफल परीक्षण हो चुका है पटना स्थित पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम समेत प्रदेश के अन्य सभी म्यूजियम को लॉकडाउन के आठ महीने के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया है

वहीं पश्चिम चम्पारण रिथित भितिहरवा गांधी आश्रम को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्य सभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे यह सीट कोन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है उम्मीदवार तीन दिसम्बर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं

आवश्यकता हुई तो चौदह दिसम्बर को मतदान होगा वोटों की गिनती भी उसी दिन की जायेगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना उन्नीस सौ पंचानवे के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अगले साल अट्ठाईस फरवरी तक बढ़ा दी है पेंशनर वसुधा केन्द्र डाकघर और बैंक की शाखाओं में निर्धारित तिथि तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री ने डीए और महंगाई भत्ते पर रोक हटाते हुये इसमें चौबीस प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है और यह दावा पूरी तरह गलत है राज्य सरकार ने मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए सात सदस्यों वाली उच्चस्तरीय कमिटी का गठन किया है शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह कमिटी सत्ताईस दिसम्बर से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है यह कमिटी प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति और सीधी नियुक्ति के लिए कालावधि तथा योग्यता का निर्धारण करेगी वर्तमान में राज्य के सैंतीस हजार सरकारी विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं हैं बिहार पुलिस सेवा के आठ अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है ये सभी अधिकारी बयालीसवीं बैच के हैं जिन अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है उनमें राज्यपाल के एडीसी की जिम्मेवारी संभाल रहे पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार दुबे और पटना निगम नगर निगम में सहायक आयुक्त का पद संभाल रही शीला ईरानी शामिल हैं इनके अलावा एएसपी विश्वजीत दयाल विजय कुमार संजय भारती चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी हरि मोहन शुक्ला और बलिराम कुमार चौधरी को प्रोन्नत कर आईपीएस बनाया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों में औसत तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की कमी आयेगी जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र के ऊपर बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आने की सम्भावना है इधर नवम्बर महीने में ठंड ने गया में पचास और पटना में सोलह वर्षों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रदेश में पिछले साल गम्भीर अपराधों के मामले में पटना जिला पहले पायदान पर रहा राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा तैयार रिपोर्ट क्राईम इन बिहार के अनुसार इस सूची में शिवहर सबसे निचले स्थान पर रहा है रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष दो हजार उन्नीस में प्रे प्रदेश में हत्या की तीन हजार एक सौ अड़तीस घटनाएं हुई वहीं अपहरण के दस हजार सात सौ सात दुष्कर्म के सात सौ तीस और दहेज हत्या के एक हजार एक सौ बीस मामले दर्ज किये गये इसके अलावा दंगा के सात हजार दो सौ बासठ और चोरी की चौंतीस हजार नौ सौ इकहत्तर घटनाएं हुई इसके अलावा लूट के दो हजार तीन सौ अंठानवे और डकैती के तीन सौ इक्यानवे मामले दर्ज किये गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं सरकार इस दिशा में नए कृषि कानून भी लाई है अनुबंध पर खेती एक वैकल्पिक बाजार मॉडल है जिसमें किसान और प्रायोजक जैसे थोक व्यापारी प्रोसेसर और निर्यातक बुवाई के समय आपस में एक समझौता करते हैं वे किसान के लिए जोखिम मुक्त आय के बदले में अलग अलग प्रकार और गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन के लिए एकजुट होकर काम करते हैं

जिसमें गुणवत्तापूर्ण तकनीक तक पहुंच खेती की नवीनतम प्रक्रिया अत्याधुनिक कृषि यन्त्र और मंडी में सुगम पहुंच शामिल हैं ये बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार की गुणवात्ता वाली उपज की खेती में भी मदद करेंगे यह व्यवस्था किसानों के लिये बाजार की पहुंच को सुगम बनायेगा और निर्यात के लिये उच्च दर वाले बाजारों में नये अवसरों का मार्ग प्रशस्त्र करेगा किसानों के पास उत्पाद के लिये अपनी पसन्द की बिक्री मूल्य तय करने हेतु अनुबन्ध में पूरी शक्ति होगी

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से संबंधित मॉडल उत्तर एक सप्ताह में अपनी वेबसाईट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए आयोग को दस बिन्दुओं पर दिशा निर्देश भी जारी किया न्यायामूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने आयोग को फटकार लगाते हुये कहा कि परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की हमेशा से कमी रही है आयोग लगातार गलतियां करने का अपना रिकॉर्ड बनाता जा रहा है रेलवे में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पन्द्रह दिसम्बर से परीक्षाओं का आयोजन होगा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि स्टेनो और अध्यापक श्रेणी के एक हजार छह सौ तिरसठ पदों के लिए पन्द्रह से अठारह दिसम्बर के बीच कम्प्यूटरीकृत परीक्षा होगी वहीं स्टेशन मास्टर गार्ड ऑफिस क्लर्क और कॉमर्शियल क्लर्क जैसे पदों के लिए अट्ठाईस दिसम्बर से मार्च महीने तक परीक्षाओं का आयोजन होगा संरक्षा श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए पन्द्रह अप्रैल से जून महीने तक परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी इकतीसवीं बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम छह दिसम्बर को ही होगी पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना के खतरे के मद्देनजर परीक्षा की तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाईट पर अपना परिणाम देख सकते हैं इधर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है बालू के अवैध खनन के मामले में पटना और औरंगाबाद जिले में एक एक कम्पनियों पर सत्रह सत्रह लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है वहीं दोनों जिलों में अवैध खनन में लगाये गये ग्यारह ट्रैक्टर और तीन ट्रक भी जब्त किये गये परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही की बहाली में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पांच छात्रों को पटना के फुलवारीशरीफ से गिरफ्तार किया गया है पूर्वी चम्पारण जिले के रामगढ़वा से पूलिस ने एक सोना तस्कर को गिरफ्तार किया है उसके पास से ग्यारह लाख रूपये से अधिक नकद एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किये गये सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र अन्तर्गत चिलरा मोड़ के पास से पुलिस ने कुख्यात अपराधी ब्रजेश भारती को उसके चार सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र रिथित पुलिस कैम्प में सैप के एक जवान ने राईफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली पुलिस मामले की जांच कर रही है पश्चिम चम्पारण जिले के मंझौलिया लौरिया और बैरिया थाना क्षेत्रों में हुई अलग अलग सड़क दुघटनाओं में तीन युवकों की मौत हो गयी बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के राजावर मोड़ के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से पौने तीन लाख रूपये लूट लिये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 हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में कोरोना की जांच अब आठ सौ रूपये में दैनिक जागरण की सुर्खी है किसान संगठनों के साथ केन्द्र सरकार की चौथे दौर की वार्ता पर अब टिकी नजरें तीसरे दौर की वार्ता रही बेनतीजा दैनिक भास्कर ने लिखा है कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पचपन रूपये पचास पैसे महंगा हुआ प्रभात खबर लिखता है शिवहर में सबसे कम गम्भीर अपराध टॉप पर पटना राष्ट्रीय सहारा ने केन्द्र सरकार के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ उतनी ही आबादी का टीकाकरण होगा जिससे कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाए आज की सुर्खी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि इकतीस दिसम्बर तक बढ़ायी गयी

रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर पूर्व की तरह ढ़ाई सौ रूपये रहेगी

स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक पांच प्रतिशत

लोगों को कड़ाके की ठंड का करना पड़ सकता है सामना